केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक दो हजार बीस में परिवर्तन की मंजूरी दे दी है

नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इसका उद्देश्य इनकम टैक्स जैसे प्रत्यक्ष कर विवाद से संबंधित मामलों में कमी लाना है आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन मामलों को भी इस विधेयक में शामिल किया गया है श्री जावड़ेकर ने आशा जताई कि लोग विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठायेगें और इस वर्ष इकतीस मार्च से पहले कर राशि जमा कर देंगे अन्यथा चालू वित्तीय वर्ष के बाद दस प्रतिशत अधिक राशि ली जायेगी वहीं केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन दो हजार बीस को भी मंजूरी दी है इसमें किसानों के हित और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग का प्रावधान किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि यह विधेयक संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जायेगा इससे देशभर में जैविक कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और नकली कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगेगी वहीं मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों में ढ़ाई हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगाने के प्रस्ताव को सैद्वांद्वित रूप से मंजूर कर लिया ये कपंनियां हैं ओरियण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नेशनल इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण की व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होने जा रहा है श्री अठावले आज गया में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिये लगातार काम कर रही है इस बार के बजट में भी सामाजिक कल्याण के मद में पूर्व की तुलना में अधिक राशि उपलब्ध करायी गयी है श्री अठावले ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव में उतरेगी राज्य सरकार ने आयूष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिये सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतान के लिये पचपन करोड़ रूपये की राशि जारी की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी वहीं बाढ़ से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के प्रनर्निर्माण के लिये चार सौ बत्तीस करोड़ रूपये मंजूर किये गये हैं मंत्रिमंडल ने बीस प्रस्तावों को मंजूरी दी आयूष्मान भारत के तहत छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक स्कूल के दो शिक्षकों को स्वास्थ्य और स्वच्छता द्रत बनाया जाएगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज नई दिल्ली में स्कूल में स्वास्थ्य और स्वच्छता दूत कार्यक्रम की शुरूआत की प्रारंभ में इसे देश भर के दो सौ जिलों में शुरू किया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभूकों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाने के लिए आज से प्रदेश भर में विशेष अभियान शुरू हो गया है यह अभियान सताईस फरवरी तक चलेगा हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि योजना के प्रति जागरूकता के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पेट्रोलियम कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में एक सौ चौवालीस रूपये पचास पैसे की बढ़ोतरी की है इंडियन ऑयल कारपोरेशन की विज्ञप्ति के अनुसार चौदह दशमलव दो किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब आठ सौ अंठावन रूपये पचास पैसे में मिलेगा पहले इसकी कीमत सात सौ चौदह रूपये थी सब्सिडी वाले सिलेंडर में भी इसी अनुरूप जीएसटी में बढ़ोतरी की गयी है निगरानी जांच ब्यूरो ने आज गोपालगंज जिला अवर निबंधन कार्यालय के एक डाटा इंट्री आपरेटर संजय कुमार श्रीवास्तव को दस हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से वसीयतनामा लिखने के एवज में रिश्वत ले रहा था मौके से निगरानी की टीम ने उसके एक और सहयोगी डाटा इंट्री आपरेटर पप्पू श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार किया दिल्ली के भजनपुरा में एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी सभी सुपौल जिले के मल्हनी गांव के रहने वाले थे पुलिस ने बताया कि शव को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सभी की मृत्यु चार से पांच दिन पहले हुई है

प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई लूट की घटनाओं में अपराधियों ने लगभग अट्ठाईस लाख रूपये लूट लिये रोहतास जिले के दावथ थाना क्षेत्र अंतर्गत डोमा डिहरी के पास अपराधियों ने बकरी व्यापारियों से लगभग पंद्रह लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि सभी व्यापारी पटना से बकरी बेचकर अपने घर लौट रहे थे लूट की घटना के दौरान अपराधियों ने गोलीबारी भी की जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है वहीं पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के विशंभरपुर गांव के पास अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक दंपति से दस लाख रुपये लूट लिये द्रसरी तरफ दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेलादुल्ला में अपराधियों ने एक निजी फायनांस कंपनी के ऑफिस से एक लाख अस्सी हजार रूपये लूट लिये एक अन्य घटना में अररिया जिले के फारबिसगंज में अपराधियों ने एक निजी फायनांस कंपनी के कर्मी से सत्तर हजार रूपये लूट लिये रोहतास जिले के डिहरी में आयोजित बीसवीं अखिल भारतीय पूलिस शूटिंग प्रतियोगिता के तीन सौ गज प्रोन पोजिशन रायफल प्रैक्टिस में आईटीबीपी के एचए खान ने स्वर्ण उत्तर प्रदेश पुलिस के रविन्द्र पाल ने रजत और असम रायफल्स के जामवन्ग कोनायक ने कांस्य पदक जीता है वहीं पिस्टल शूटिंग के रन एंड शॉर्ट स्पर्धा में एसएसबी के विनोद कुमार को स्वर्ण तेलगांना पुलिस के बी राजा रविन्द्र को रजत और पी श्रीराम मूर्ति को कांस्य पदक मिला है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले एक से दो दिनों में औसत तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी आज आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा सबौर का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और पटना का नौ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजौरा में छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने दो पिकअप वैन से लगभग पच्चीस लाख रुपए मूल्य की दो सौ पैंतालीस कार्टन शराब बरामद की है मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है वहीं दरभंगा पुलिस ने एक महिला शराब तस्कर को भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है इधर पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने अभियान चलाकर जमीन के अंदर छुपाकर रखी गयी हजारों लीटर महुआ शराब को नष्ट कर दिया पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज चल रहे बेल्ट्रॉन कर्मचारियों ने आज पटना के शास्त्रीनगर स्थित बेल्ट्रॉन भवन का घेराव किया और जमकर हंगामा किया कर्मी जल्द से जल्द वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग कर रहे थे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में छह लोगों की मौत हो गयी भागलपुर और रोहतास में दो दो जबकि सारण और गोपालगंज में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है पूर्वी चंपारण जिले के नगर थाना क्षेत्र के राजाबाजार से पुलिस ने संतोष श्रीवास्तव नाम के एक ठग को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार व्यक्ति पर फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों को झांसा देकर पैसे ठगी करने का आरोप है पटना पुलिस ने कुख्यात अपराधी सुमित और बाबा गिरोह के दस अपराधियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से पांच पिस्तौल पांच देशी कट्टा और अस्सी कारतूस बरामद किये गये हैं मुंगेर जिले में स्पेशल इंटेलिजेंस और ऑपरेशन यूनिट तथा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में धरहरा थाना क्षेत्र में तीन मिनीगन फैक्ट्ररियों का उद्भेदन कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है अररिया जिले के फारबिसगंज से पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के दो अपराधियों को चोरी की मोटरसाईकिलों के साथ गिरफ्तार किया है